प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर हुआ कम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

शनिवार को कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ पांचवें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने की कोई आशंका नहीं है श्री तोमर ने कहा कि किसान नेताओं ने जिन प्रावधानों को लेकर आपत्तियां जाहिर की हैं उनका संभावित समाधान खोज लिया गया है उन्होंने आशा व्यक्त की है कि किसानों का आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा सरकार ने यह भी कहा है कि कृषि उत्पाद विपणन समितियों एपीएमसीकी मंडियों को मजबूत करने और प्रस्तावित निजी बाजारों को बराबरी का अवसर उपलब्ध कराने के तौर तरीकों पर विचार करने को तैयार है श्री तोमर ने दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है

उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है की आगामी दिनों में सुखद समाधान जरूर निकलेगा श्री पूनिया ने कहा कि तीनों कृषि कानून ना केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे देश की जनता के लिए कल्याणकारी हैं इससे भारत की जनता और किसानों का भला होगा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दो साल पूरे करने जा रही है लेकिन अभी तक संपूर्ण कर्जमाफी नहीं हई है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे एक श्रोता का संदेश

पार्षद इस अभियान का नेतृत्व करेंगे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जोधपुर उत्तर और दक्षिण नगर निगम के महापौर और पार्षदों ने यह निर्णय लिया आज से डोर ट्र डोर सर्वे का काम शुरू होगा और लोगों को कोरोना गाइड लाइन की पालना करने को लेकर समझाइश की जाएगी

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा हालांकि इससे आगामी पांच दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में विशेष परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है